प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राज आठ बजे विशेष प्रसारण में राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे

आज हरियाणा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को ऐलवेंडाजोल की गोली खिलाई गई हरियाणा प्लिस ने कल रात मंडी डबवाली में चार क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया भारत के कहा है कि इस्लामाबाद भारत के साथ द्विपक्षीय सम्बधों के मामले में राजनयिक रिश्ते कम करने के सहित एक तरफा कार्रवाई करके द्वनिया को यह दिखाना चाहता है कि स्थिति खतरनाकहै विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने जिन बातों का हवाला दिया है उनमे कोई सच्चाई नहीं है पाकिस्तान की कार्रवाई पर खेद व्यकत करते हये मंत्रालय ने अन्रोध किया कि पाकिस्तान अपने फैसले पर फिर विचार करे ताकि राजनयिक सम्बंध बरकरार रहें विदेश मंत्रालय के बयान के अन्सार सरकार और संसद के फैसले जम्मू कश्मीर को विकास के अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्वता पर आधारित है संविधान में अस्थायी प्रावधान के कारण राज्य का विकास नहीं हो पा रहा था

देश का सविधान सर्वोपरि है और रहेगा खतरे की अपवाह के सहारे इस मामले में दखल देने से क्छ हासिल नहीं होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात देश को सम्बोधित करेंगे जिसका प्रसारण रात आठ बजे किया जायेगा यह घोषणा क्छ समय पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के टिवीटर अकाउंट के माध्यम से की गई है पाकिस्तान की ओर से आज अटारी बाघा सीमा पर पाकिस्तान की तरफ समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया गया इस रेलगाड़ी के माध्यम से काफी यात्री वापिस आ रहे थे पाकिस्तान की ओर से भारत को समझौता एक्सप्रेस गाड़ी को वापिस ले जाने के लिये कहा गया अटारी रेलवे स्टेशन के स्रपडैंट अरविंद कुमार ने बताया कि रेलवे की ओर से रेलगाड़ी चालक सहित तीन अन्य लोगों की एक टीम गाड़ी लाने के लिये भेजी गई है पाकिस्तान की यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर के प्र्नगठन के बाद पैदा हई बौखलाहट के रूप में देखी जा रही है बतायागया है कि पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस के साथ अपना चालक और गार्ड स्रक्षा कारणों का हवाला देते हये भेजने से मना कर दिया

यह जानकारी म्ख्यमंत्री स्शासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ राकेश ग्प्ता की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हई जिला उपाय्क्तों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में दी गई

डॉ राकेश ग्प्ता ने बेटियों को बचाने के लिए किए गए बेहतर प्रदर्शन के लिए पंचकूला हिसार यम्नानगरनारनौल और अंबाला जिला प्रशासन की सराहना भी की

विभिनन जगहों से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौकेपर प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में समारोह आयोजित किए गये जहां बच्चों को ऐल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई पंचकूला में हमारी संवाददाता ने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समारोह में पंचकूला के विधायक ज्ञानचंद ग्प्ता उपस्थित रहे और उन्होंने बच्चों को कुमि म्क्ति की दवा पिलाई इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला पंचक्ला में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी निजी स्कूलों व आंगवाड़ी केन्द्रों में लगभग दो लाख बच्चों को यह दवाई खिलाई जायेगी उधर यम्नानगर में भी कृमि म्क्ति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर सिविल सर्जन डा क्लदीप सिंह ने म्कंद लाल पब्लिक स्कूल में बच्चों को एल्वेंडाजोल की गोली खिलाई उन्होंने बताया कि यह गोली पेट की कीटों को खत्म करती है एवं इन कीड़ो की वजह से शरीर में होने वाली खून की कमी और अन्य बीमारियों से बचाव करती है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आठ सितम्बर को रोहतक आयेंगे वे यहां भाजपा के पन्ना प्रम्ख सम्मेलन व विजय संकल्प रैली को सम्बोधित करेंगे यह जानकारी हरियाणा के हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोबर ने दी है वे आज रोहतक में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्षमा स्वराज को श्रद्वास्मन अर्पित करे के बाद पत्रकारोंसे बातचीत कर रहे थे

यह यात्रा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जायेगा और आठ सितम्बर से रोहतक में समाप्त होगी हरियाणा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल गठित किये जाने के विरोध में आज प्रदेश भर के वकीलों ने हड़ताल पर रहे रोहतक में भी वकीलों ने वर्क स्स्पैंड रखा और कोई भी वकील किसी अदातत में पेश नहीं हुआ गौरतबल है कि हरियाणा सरकार ने करनाल में हरियाणा प्रशासनिक ट्रिबयूनल गठित करने का निर्णय लिया है जिसकी अधिसूचना भी जारी की जा च्की है इस ट्रिब्यूनल में वकीलों की सर्विस से जड़े मामलों की स्नवाई होगी हालांकि फिलहाल अदालत ने इस पर रोक लगा दी है उनके बावजूद प्रदेशभर के वकील ट्रिब्यूनल का ख्लकर विरोध कर रहे है

पकड़े गए आरोपी की पहचान पंजाब के जिला फतेहगढ के गांव रामगढ सैणीया के निवासी अमरेन्द्र सिंह के तौर पर हई है

पुलिस ने कैंटर व डोडा पोस्त को कब्जे में लेकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना शहर डवबाली में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया था उन्होने बताया की प्लिस ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए आरोपी अमरेंद्र सिंह को दबिश देकर काबू किया है उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किये गये आरोपी अमरेंद्र सिंह को अदालत में पेश कर रिमाण्ड हासिल किया जाएगा और रिमाण्ड अवधि के दौरान उस से प्छताछ कर डोडा पोस्त की तस्करी से ज्डे अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी उधर आज हरियाणा प्लिस ने फतेहाबाद जिले मे मोटरसाइकल पर साढ़े आठ किलो डोडा पोस्त ले जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसकी पहचान ज्ल्लोप्र निवासी पप्प् के तौर पर हुई है केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय में संय्क्त सचिव रामबीर ने कहा कि जल संचय करके हम बेहतर कल की कल्पना कर सकते हैं और यही जल शक्ति अभियान का म्ख्य उद्देश्य है जल संवर्धन और संरक्षण के लिए सभी विभाग अपने अपने कर्मचारियों को प्रेरित करें साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जायें इतना ही नहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी मिड डे मिल के समय पानी के संरक्षण और बडे बडे संस्थानों के मालिक अपने कर्मचारियों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने हेतू प्रशिक्षित करें इस कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को मेहनत और लग्न के साथ काम करने की जरूरत है आज स्थानीय उपाय्क्त कार्यालय में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे उन्होने बताया कि जल शक्ति अभियान भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है तथा सम्बन्धित विभाग इस अभियान के तहत जो भी कार्य करने हैं और समन्वय बनाते हए कार्य करें तथा उसकी जीयो टैक भी करें ताकि जल संचय करके आने वाले कल की कल्पना की जा सके